केन्द्रय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित ग्रूग्राम का छात्र प्रखर मित्त्ल परीक्षा में अव्वल रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों को सेवाएं संरक्षण अधिनियम में शामिल किया गया रिवाड़ी में तस्करों के साथ प्लिस की मुठभेड़ में दो पुलिस कर्मी घायल हुये तीन आरोपी गिरफ्तार किये गये ग्रूग्राम नगर निगम में नियमों का पालन किये बिना ही तीस करोड़ रूपये के पाईप खरीद मामले में तत्कालीन मुख्य अभियंता बी एस सिंगरोहा के विरूदव चौक्सी बयूरों जांच करेगा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस जांच के आदेश दे दिये है मंत्री ने बताया कि नगर निगम ग्रूग्याम में पाइपों की खरीद में अनियमितता की तत्कालीन वरिष्ठ उप महापौर पशपाल बत्रा द्वारा शिकायत देकर जांच की मांग की गई थी शिकायत पर चंडीगढ़ मुख्यालय में रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें पता चला कि म्ख्य अभियंता के पास पचास लाख तक की खरीद को मंजूरी देने का अधिकार था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएससी का दसवीं कक्षा का परिणाम आ गया है

आज शाम चार बजे घोषित किया जाने वाला परिणाम तीन घंटे पहले घोषित कर दिया गया

पिछले वर्ष की भांति इस बार भी सर्वश्रेष्ठ नजीजा जवाहर नवोदय विद्यालयों का रहा

प्राप्त जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ पंचकूला और मोहाली के पांच बच्चे परीक्षा अव्वल रहे है जिनमें पंचकूला के भवन विद्यालय से अनिकेत अक्षय चौधरी राहल जस्सल गरिमा ग्प्ता और कृतिका ठाक्र शामिल है

अम्बाला से सांसद रतन लाल कटारिया व पंचकूला विधायक एव मुख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्प्ता ने आज पंचक्ला में अनुमानित तीन करोड़ छप्पन लाख चालीस हजार रूपये की नविनर्मित दो परियोजनाओं का उदघाटन किया

इस मौके पर बोलेते हए सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि पंचकुला के विधायकों के प्रयासों से पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने में मापदंड प्रे हो गये है और स्मार्ट सिटी की अगली सूचीमें पंचकला शामिल होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्वच्छ भारत अभियान तथा अन्य ऐसे अभियानों में हरियाणा सरकार को नंबरदार एसोसिएशन ने अपना समर्थन देने का फैसला किया है

हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान जिले सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजेन्द्र फड़के के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर उन्हे भरोसा दिलाया कि वे व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए काम करेंगे उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर काम कर रहा हमारा संगठन बेटियों के उत्थान तथा स्वच्छता के प्रति आम जन के रूपये में साकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठायेगा हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तहत स्वास्थ्य केन्दों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम एस्मा में शामिल किया गया है कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उनकी नौकरी जा सकती है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस बारे सभी सिविल सर्जनस को निर्देश जारी किये गये है कि वे ऐसे कर्मचारियों की दैनिक हाजरी व अन्य गतिविधियां मुख्यालय में भेंजेगे और उनकी जगह नये कर्मचारियों को लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलायेंगे रिवाड़ी में गो तस्करों के साथ प्लिस की मुठभेड़ के दौरान हई फायरिंग में सीआईए में तैनता एएसआई रणबीर व प्रधान सिपाही रवि दन्त गोली लगने से घायल हो गये है पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिर फ्तार किया है और मौके पर एक गाड़ी बरामद की है जांच मे पता चला कि गिरफ्तार आरोपी गौ तस्करी का सरगना है और राजस्थान का मोस्ट वांटेडड अपराधी है

एस पी राजेश दुग्गल ने बताया कि गो संरक्षण तस्करों से मुकाबला करने वाले जवानों को सम्मानित किया जायेगा राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर युवाओं को अप्रैंटिसशिप का प्रशिक्षण देने की दिशा में किये गये कार्यो की जानकारी मांगी है ताकि राजस्थान में भी उसको लागू किया जा सके

हरियाणा में पोषण अभियान के दसरे चरण में दस जिलों भिवानी गुरूग्राम कैथल करनाल कुरूक्षेत्र पलवल रोहतक सिरसा सोनीपत और यमुयानगर को कवर किया जायेगा अभियान के प्रथम चरण में नृहं व पानीपत जिले लिये गये थे एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि शेष बचे जिलों को तीसरे चरण में लिया जायेगा प्रधानमंत्री मात योजना और पोषण अभियान के क्रियान्वयन पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला पहली जून को पीजीआई में आयोजित की जायेगी जिसमें हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी भाग लेंगे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आगामी खरीफ मौसम में न्यूनतम मूल्य पर मक्का की खरीद की योजना को स्वीकृति दे दी है जिसे केन्द्र सरकार की मोटा अनाज नीति के अनुसार स्वीकृति हेत् भेजा जायेगा

अत केन्द्र सरकार से मक्का की खरीद की अवधि पहली अक्तूबर से पन्द्रह नवंम्बर तक तय करने का अन्रोध किया गया है हरियाणा सरकार दवारा चावलों की कस्टम मिल राइस का शत प्रतिशत भुगतान कराने वाले मिल मालिकों को प्रस्कृत किय जायेगा और उनकी बकाया राशि की अदायगी भी शीध की जायेगी